मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इनकी घोषणा की प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए कल हुए मतदान में कांग्रेस के दो तथा भाजपा का एक उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ है

भाजपा प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत को बीस मत मिले

उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगडिया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा यह अभियान राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड और ओडीशा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है

इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है केन्द्र ी य वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित के द्वी य मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे इस अभियान को जनसेवा कें द्वा ो और जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र ा े के माध्यम से संचालित किया जाएगा इधर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है मनरेगा के परियोजना निदेशक राजेन्द्र विजय ने बताया कि इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिलों में होगा इसके लिए सभी जिलों को लिंक भेजागया है उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी

दिल्ली से आये अलवर मूल निवासी गौरव यादव ने इस योजना पर अपने विचार रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ना तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और ना ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में रिथिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सर्व दलीय बैठक की उन्होंने कहा कि हमारे बीस बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा

उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के जरिए वह शहीदों के परिजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है कल छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री के संदेश से होगी

साथ ही ये विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा प्रधानमंत्री नरेन् द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा श्री मोदी ने कहा है कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है इसके तहत केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज भारत एक सांस्कृतिक कोष डिजिटल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे

जिसमें योगा ऐटहोम और योग ऐट फैमिली कार्यक्रम चल रहे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इनकी घोषण की नगरीय विकास आवासन और स्वायत्ता शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वि त्तीय वर्ष की बजट घोषणा में कहा था कि प्रदेश में जनहित में विकास कार्यों में तेजी लाने और जनसमस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा